राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेता नरेन्द्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गये है कल शाम राष्ट्रपति भवन में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई

राजस्थान से तीन सांसदों को मंत्री बनाया गया है इनमें गजेन्द्र सिंह शेखावत को केबिनेट मंत्री और अर्जुन राम मेघवाल तथा कैलाश चौधरी को राज्यमंत्री के रूप में शामिल किया गया है

वहीं संतोष कुमार गंगवार राव इन्द्रजीत सिंह श्रीपद यसो नाईक डॉ जितेन्द्र सिंह किरेन रिजिज प्रहलाद सिंह मुलायम सिंह पटेल आर के सिंह हरदीप सिंह पुरी मनसुख लाला मंडाविया को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है शपथग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया कि टीम युवा ऊर्जा और प्रशासनिक अनुभव का मिश्रण है इसमें ऐसे लोग है जिन्होंने सांसदों के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और जिन्होंने पेशेवर कैरियर को प्रतिष्ठित किया है

पिछली सरकार में मंत्री रहे कई सांसदों को दोबारा मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जो पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए है उन्हें भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया अमित शाह के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पार्टी के नये अध्यक्ष को लेकर चर्चाए शुरू हो गई है इधर पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर प्रसाद को भी केबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है एन डी ए के सहयोगी दलों में से लोक जन शक्ति पार्टी शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के सांसदों को भी नई सरकार में जगह मिली है केंद्र में एन डी ए की नई सरकार में गठबंधन का सहयोगी जनता दल यूनाइटेड शामिल नहीं होगा नई लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह एक महीने के लिए किसी भी न्यूज चैनल के वाद विवाद कार्यक्रम में अपने प्रवक्ता नहीं भेजेगी हाल के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जबर्दस्त हार और अध्यक्ष पद से राहल गांधी के हटने पर अडे रहने से उत्पन्न रिथिति के बीच पार्टी ने यह निर्णय लिया है कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने टवीट के जरिये सभी न्यूज चैनलों और संपादकों से अनुरोध किया है कि वे अपने कार्यक्रम में कांग्रेस प्रतिनिधियों को शामिल न करें प्रदेश में आज से ई सिगरेट पर पूरी तरह से रोक लग गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया आज विश्व तबाकू निषेध दिवस के अवसर पर ये प्रतिबंध लागू हो गया है अब राज्य में ई सिगरेट के उत्पादन वितरण विज्ञापन और बिकी पर पूरी तरह से रोके रहेगी इस निर्णय को युवाओं में नशे की लत को रोकने के लिये कारगर कदम माना जा रहा है राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आपकी बेटी योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली सहायता को बढा दिया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है

श्री डोटासरा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हए कहा कि उनके प्रयासों से शिक्षा क्षेत्र में निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं

पीटीईटी कला विषय में जयपुर के जयदीप सिंह कॉमर्स में भीलवाडा की स्वाती जैन और विज्ञान वर्ग में बीकानेर के अशोक सहारण शीर्ष पर रहे है

रमजान माह के आखिरी जुम्मे पर आज प्रदेशभर में मस्जिदों में जुमातुलविदा की नमाज पढी जायेगी इस नमाज के लिये मस्जिदों में एक दो दिन पहले से ही तैयारिया शुरू हो गई प्रशासन ने भी अलग अलग विभागों को सफाई बिजली पानी और चिकित्सा के साथ सुरक्षा व्यवस्था करने के भी निर्देश जारी किये है

प्रदेश में गर्मी और लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है

उधर झालावाड और टोंक में कल दोपहर अचानक ब्रंदाबादी हुई जिससे लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिली राजसमंद में भी बादल छाने से थोड़ी राहत रही